पीएम बदरीनाथ केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिये हैं कि बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बना रहे उन्होंने धाम को मिनी स्मार्ट और आध्यात्मिक सिटी के रूप में विकसित करने को कहा साथ ही होम स्टे विकसित करने और निकटवर्ती अन्य आध्यात्मिक स्थलों को भी इससे जोड़ने पर जोर दिया आज प्रधानमंत्री के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर प्रस्तुतीकरण दिया गया इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ धाम के प्रवेश स्थल पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था हो जो आध्यात्मिक वातावरण के अन्रूप हो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान का स्वरूप पर्यटन पर आधारित न हो बल्कि पृर्ण रूप से अधात्मिक हो प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के प्नर्निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के विकास कार्यो में स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है आसपास के गांवों में होम स्टे पर काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि सरस्वती और अलकनंदा के संगम स्थल केशवप्रयाग को भी विकसित किया जा सकता है उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर काम करने में भूमि की समस्या नहीं होगी

मास्टर प्लान को पर्वतीय परिवेश के अन्कुल बनाया गया है

इसके लिए कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सोशल डिस्टन्सिंग सहित सभी जरूरी उपायों के साथ तैयारियां की जा रही है

इसे देखते हुए दर्शक दीर्घा व पत्रकार दीर्घा को भी सदन में शामिल किया जा रहा है

श्री अग्रवाल ने बताया कि सत्र में भाग लेने के लिए कोरोना टेस्ट जरुरी है नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही सत्र में शामिल हो सकेंगे विधायकों के साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होगी

इससे गांव और वन दोनों लाभान्वित होंगे आज उतराखण्ड कैम्पा की बैठक में मख्यमंत्री ने बग्यालों के संवर्दधन के लिए कॉयर नेट और पिरूल चेकडैम के साथ ही भीमल के इस्तेमाल पर ध्यान देने की बात कही उन्होंने कहा कि वन्य पशुओं से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग बहत ही कारगर है लेकिन सोलर फेंसिंग की सुरक्षा के लिए लोगों को भी जागरूक किए जाने की आवश्यकता है उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया म्ख्यमंत्री ने वनों के विकास के लिए पौधारोपण के साथ साथ उनकी स्रक्षा पर भी ध्यान देने की बात कही उन्होंने कहा कि पौधों का सर्वाईवल रेट बढ़ाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए

इन प्रशिक्षित लोगों का प्रयोग ब्ग्यालों के संवर्धन के लिए कॉयर नेट और पिरूल चेकडैम के निर्माण के लिए किया जा सकता है हिमालय दिवस राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि जीवन को सुरक्षित करने के लिए हिमालय का संरक्षण आवश्यक है हिमालय सिर्फ पर्वत माला ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महान केन्द्र भी है आज हिमालय दिवस के अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों का हिमालय संरक्षण के लिए शत प्रतिशत योगदान करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि सभी को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी लेकर हिमालय के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी स्कूलों कालेजों और सभी सामाजिक संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हिमालय दिवस के अवसर पर कहा कि हिमालय हमारे जीवन के सरोकारों से गहनता से जुड़ा हआ है इसलिए हिमालय के संरक्षण की पहली जिम्मेदारी भी हमारी है दिशा समीक्षा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले में बन रही सामरिक महत्व की ऑल वेदर रोड के कार्य को जिम्मेदारी के साथ करें उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी चम्पावत जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि वन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर जो भी लम्बित मामले हैं उनका समाधान करें

उन्होंने कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के निर्देश दिये बुदेशु गांव प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज पौड़ी जिले के खिर्स ब्लाक के बृदेश गांव को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गोद लिया है उन्होंने जिला प्रशासन के तत्वावधान में महिला सशक्ति एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत घौर की पछयाण नौनी को नौ कार्यक्रम का शुभारंभ किया कार्यक्रम के तहत घरों में बेटी के नाम की नेम प्लेटें लगायी गयी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने महिला समूहों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिकी को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी तंत्र को भी एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिये

सीडीओ कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अन्सार मंगलवार को ग्रामीण निर्माण विभाग के पांच कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हुई है इसके साथ ही नगर पालिका सभी कार्यालयों और परिसर को सैनिटाइज करेगी

यह धन बकरी मत्स्य पोल्ट्री फार्म रेस्टोरेंट डेयरी रेडीमेंड गारमेंटस जनरल स्टोर जैसे व्यवसाय के लिए होगा मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत ने ऋण का सदपयोग करने के निर्देश दिए